इस दौरान वे करोड़ों रूपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टीहरा में शिक्षा संवाद और एन एस एस शिविर में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे इस अवसर पर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे कार्यशाला आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए नैशनल सैंपल सर्वे से संबंधित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला कल शिमला में शुरू हुई आर्थिक सलाहकार विनोद कुमार राणा ने कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर सांख्यिकी आंकड़ों के विकास में इस सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और सर्वेक्षण द्वारा हासिल की जाने वाली सूचना की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया राणा ने सर्वेक्षण के लिए घर घर आने वाले कर्मचारियों को सहयोग देने और सही व विश्वनीय सूचना देने का लोगों से आग्रह किया है

राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मजबूत लोकतं के लिए निर्वाचन साक्षरता है प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालयों व मतदान केन्द्रों में भी मतदाता दिवस कार्यकम करवाए जाएंगे जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पैंशनधारकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है कल शिमला में उनसे मिलने आए भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेंशनर्ज वैल्फेयर बोर्ड के गठन पर सरकार विचार करेगी

भरमौर में कल परियोजना सलाहकार समिति की तिमाही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक जिया लाल कपूर ने ये जानकारी दी उन्होंने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा भी की एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर सीएम हैल्पलाइन से जुड़ी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला की सुर्खी है शिकायतें नहीं निपटाने पर तीन अफसरों को नोटिस दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीएम की दोट्क हैल्पलाइन में दर्ज शिकायतें तय समय अवधि में निपटाएं अधिकारी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शिकायतकर्ताओं से खूद बात करेंगे सीएम हिमाचल दस्तक लिखता है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लापरवाही पर अफसर नपे आपका फैसला के अनुसार शिकायत में कोताही बरतने पर नपेंगे शहरी विकास विभाग के तीन अधिकारी अजीत समाचार का कहना है शहरी विकास विभाग के तीन अधिकारियों से जवाब तलब

दैनिक जागरण के शब्द हैं कर्मचारियों के तबादले पर रोक

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है बजट के कारण कर्मचारी तबादलों पर लगी रोक

पंचायत नगर निकायों की बिना अनुमति अब लग सकेंगे उद्योग खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है राज्यपाल ने सूक्ष्म लघ मध्यम श्रेणी उद्योग विधेयक को दी मंजूरी दैनिक जागरण का शीर्षक है उद्योगपतियों को अब विभागों ने नहीं लेना होगा अनापति प्रमाणपत्र